गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों से कहा है कि वे ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों की बे रोकटोक आवाजाही सुनिश्चित करें

उन्होंने कहा कि यह नीति न केवल हमारे यूवाओं के भविष्य को मजबूत करेगी बल्कि देश को आत्मनिर्भर बनाने में भी सहायक होगी

राष्ट्रपति ने कहा कि देश के उच्च शिक्षण संस्थानों को नवाचार का केन्द्र बनाया जाना चाहिए श्री कोविंद ने कहा कि प्राचीन काल में भारत विश्व स्तर पर शिक्षा का एक सम्मानित केंद्र था तक्षशिला और नालंदा के विश्वविद्यालयों को प्रतिष्ठित दर्जा प्राप्त था उन्होंने कहा है कि शैक्षिक संस्थानों को ई लर्निंग ई लाइब्रेरी और अन्य डिजिटल सुविधाए प्रदान करने को लिए अच्छे पोर्टल और ऐप विकसित करने चाहिए इस अवसर पर केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि नई शिक्षा नीति देश में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देगी उन्होंने कहा कि इस नीति से देश ज्ञान की महाशक्ति बन पाएगा

वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता कारोबार प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इससे कंपनियों और व्यक्तियों को राष्ट्रीय कंपनी कानन न्यायाधिकरण में गए बिना मसलों को सुलझाने में मदद मिल रही है उन्होंने कहा कि ये संशोधन कोविंड महामारी से उत्पन्न स्थिति की वजह से लाने पड़े हैं ताकि कारोबार को कठिन स्थिति में दिवालापन की कार्रवाई से संरक्षण दिया जा सके दिवाला और ऋणशोधन अक्षमता प्रणाली की सराहना करते हुए वित्तमंत्री ने बताया कि इससे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की बट्टे खाते में पड़ी परिसंपत्तियों की वसूली मेँ मदद भिली है

यह विधेयक इस साल अप्रैल में जारी किया गया महामारी संशोधन अध्यादेश का स्थान लेगा विधेयक में स्वास्थ्य सेवा से जूडे कर्मियों को नुकसान पहंचाने घायल करने या उनके जीवन को खतरे में डालने जैसी गतिविधियों को संज्ञेय अपराध करार देने तथा उन्हें जमानत न देने का भी प्रावधान किया गया है इसके लिए तीन से पांच महीने की जेल की सजा और पचास हजार से दो लाख रूपए तक के जूमाने का प्रावधान विधेयक में किया गया है विधेयक पर चर्चा में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि स्वास्थ्यकर्मियों पर हो रहे हमलों को ध्यान में रखते हुए यह विधेयक लाया गया है

राज्य चुनाव आयोग के सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्याम सिंह राजपुरोहित ने बताया कि कल नामांकन पत्रों की जांच होगी और नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे कल ही उम्मीदवारों की सूची जारी होगी और चुनाव चिन्ह भी आवंटित किए जाएंगे

राज्य निर्वाचन विभाग ने चुनाव प्रक्रिया के दौरान कोरोना से जुड़े दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन करने के निर्देश दिये हैं हनुमानगढ़ जिले में मतदान के लिए मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए जिला निर्वाचन विभाग द्वारा कार्टून् वीडियो जारी किया गया है वीडियो में कोरोना बचाव के साथ पंचायत चुनाव की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए सभी बिन्दुओं को प्रदर्शित किया गया है

आज अपने निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री गहलोत ने सभी भर्तियों की परीक्षा करवाने और उनके परिणाम समय पर जारी करवाने के लिए विभाग के अधिकारियों को आरपीएससी और राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के साथ समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए श्री गहलोत ने कहा कि जो भर्तियां न्यायिक प्रक्रिया के कारण लम्बित है उनमें प्रभावी पैरवी की जाए मुख्यमंत्री ने रीट की परीक्षा भी समय पर आयोजित कराने के निर्देश दिए

सीकर को छोड़कर राज्य का कोई ऐसा जिला नहीं है जहां संक्रमण के नये मामले सामने नहीं औये हैं

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड रोगियों की स्वस्थ होने की दर बढ़कर उन्यासी दशमलव दो आठ प्रतिशत हो गई है इस समय देश में कोविड से मृत्यु दर एक दशमलव छह एक प्रतिशत है जो विश्व में सबसे कम है

सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा है कि केन्द्र सरकार को पता चला था कि कुछ राज्य अपने अपने क्षेत्रों में स्थित विनिर्माण इकाइयों से ऑक्सीजन की अंतर राज्यीय आपूर्ति पर रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ राज्य अपने यहां के विनिर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं को आदेश दे रहे हैं कि वे ऑक्सीजन की आपूर्ति राज्य में स्थित अस्पतालों तक सीमित रखें श्री भल्ला ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से कहा कि वे यह सुनिश्चित करें कि राज्यों के बीच ऑक्सीजन की आपूर्ति पर कोई प्रतिबंध न हो

मुख्य कार्यक्रम जयपुर के पास धानक्या स्टेशन पर शाम पांच बजे होगा जिसमें मुख्य अतिथि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा होगे समिति के अध्यक्ष प्रो मोहन लाल छीपा ने बताया कि कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र कार्यवाह हनुमान सिंह राठौड़ करेगें

प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने मीडिया को सम्बोधित करते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है उन्होंने कहा कि थानागाजी जैसी घटना ंतिजारा में फिर हुई है जो प्रदेश को शर्मसार करने वाली है उन्होंने कहा कि राज्य में अपराधियों में पुलिस का डर खत्म हो गया है

इस मौर्क पर उन्होंने कहा कि नशा अपराध की जड़ है उन्होंने विद्यार्थियों को नशा मुक्त समाज के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाने को कहा

हमारे संवाददाता ने बताया कि इससे कोरोना काल में आर्थिक तंर्गी झेल रहे उनके परिवार को आर्थिक संबल मिल रहा है